कोटा संभाग में समर्थन मुल्य पर खरीद कल से

कोरोना संकमण को लेकर कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्वारेंटाइन के लिए अधिक से अधिक स्थान चिन्हित कर वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जेडीए और हाउसिंग बोर्ड इन स्थानों पर बिजली पानी बिस्तर भोजन सहित अन्य आवश्यक सुविघाओं की व्यवस्था जल्द से जल्द करें

इस दौरान मुख्य सचिव डीबी ग्रुप्ता ने कहा कि जयपुर में जिस तरह से मामले बढ़े हैं कपर्यू को और सख्ती से लागू करना होगा साथ ही राशन तथा खाद्य सामग्री के वितरण की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रदेश में राशन और खाद्य सामग्री के वितरण की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटके हुए प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी तरह की कमी नहीं रहे

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने का कार्य विभिन्न विभाग मिलकर कर रहे है

पाली में लॉकडाउन की बढी हई अवधि को देखते हुए जिला कलक्टर ने अन्य जिलों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें क्वारेन्टीन सेंटर में रखने के निर्देश दिए है

इस वर्ष बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के बावजूद रबी की रिकॉर्ड उपज हुई है और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की मदद की जरूरत है उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से रबी फसल के तहत गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है इधर राज्य की कृषि उपज मंडियों में भी आज से फसलों की खरीद शुरू हो रही है सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि मंडियों में सीमित मात्रा में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बुलाया जायेगा ताकि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके

हनुमानगढ़ जिले में भी जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मंडी समितियों की और से गाइडलाइन तैयार की गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में हर रोज पांच दुकानों पर एक दुकान ही खुलेगी

उन्होंने राज्य सरकारों से भी लॉकडाउन की पालना कराने में और सख्ती बरतने के लिए कहा था इसी को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार विस्तृत गाईडलाईन जारी करने जा रही है

श्री मीना ने बताया कि करौली जिले के एक हजार से ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और तमिलनाडू में फंसे हैं और वे रोजी रोटी के संकट का सामना कर रहे हैं इसलिए वहां की सरकारे मजदूरों को उचित संरक्षण देकर राहत प्रदान करें

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाडी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि लोगों को किसी भी अफवाह से बचना चाहिए गौरतलब है कि कृछ क्षेत्रीय चैनल खबर दे रहे थे कि प्रवासी कामगारों के लिए मुम्बई से विशेष रेलगाडी चलाई जाएगी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि सरकार कम लागत पर प्रभावी ढंग से देश विदेश में चिकित्सा सामग्री पहुंचाकर महामारी के खिलाफ सहयोग के लिए प्रतिबद्व है गंभीर रोगियों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है